राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री और अमित शाह को गृहमंत्री बनाया गया है कुछ मंत्री पिछली सरकार में मिला मंत्रालय फिर संभालेंगे अधिकांश मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के बीते रोज़ हुए गठन के बाद आज सभी मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी गई निर्मला सीतारामन को वित्त मंत्री एस जयशंकर को विदेशमंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सूचना और प्रसारण मंत्री नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग डी वी सदानंद गौड़ा को रसायन और उवर्रक राम विलास पासवान को खाद्य उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि और किसान कल्याण रविशंकर प्रसाद को विधि और न्याय संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी हरसिमरत कौर बादल को खाद्य प्रसंस्करण थावर चंद गहलोत को सामाजिक न्याय और आधिकारिता रमेश पोखरियाल निशंक को मानव संसाधन विकास अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामले स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास और वस्त्र डॉ हर्षवर्धन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पीयूष गोयल को रेल वाणिज्य और उद्योग धर्मेद्र प्रधान को पैट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामले प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य कोयला और खनन महेंद्र नाथ पांडेय को कौशल विकास और उद्यमिता अरविंद गणपति सावंत को भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम गिरिराज सिंह को पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन और गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है अनुराग ठाकुर को वित्त राज्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है उनके पास कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का भी कार्यभार होगा तंबाकू दिवस आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है इस मौके पर प्रदेशभर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों को तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया राजधानी शिमला में इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया जबकि प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति सिकंदर कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है और परिसर में तम्बाकू निषेध अभियान को पूरी तरह से लागू किया गया है बिलासपुर में डीएवी स्कूल में ज़िलास्तरीय तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन किया गया इस मौके पर स्कूली बच्चों की भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई धर्मशाला में भी स्कूली बच्चों की भाषण और नारा लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया सोलन में विश्व तंबाकू दिवस के मौके पर शहरभर में स्कूली छात्रों की जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य और संस्कार ही व्यक्ति को संपूर्ण बनाते हैं और संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी है राज्यपाल आज डीएवी कॉलेज चण्डीगढ़ के दीक्षांत समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने विद्यार्थियों का आहवान किया कि वे सत्य और जन कल्याण का रास्ता कभी न छोड़ें तथा देश समाज व परिवार की यश कीर्ति को आगे बढ़ाएं राज्यपाल ने कहा कि छात्र जीवन में ही यदि बच्चों को सही लक्ष्य के लिए उचित मार्गदर्शन उपलब्ध हो जाए तो वे जीवन में सफलता को आसानी से हासिल कर लेते हैं उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जीवन में बड़ा लक्ष्य तय करके उसे हासिल करने के लिए मेहनत व लग्न से निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेबार और स्वामी विवेकानन्द पीठ स्थापित की जाएगी साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वामी दयानन्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरूनानक देव पीठ को क्रियाशील बनाया जाएगा ये निर्णय विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की आज शिमला में हुई बैठक में लिया गया बैठक की अध्यक्षता कुलपति सिकंदर कुमार ने की

पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग में सह आचार्य डॉक्टर विकास डोगरा को पदोन्नत कर आचार्य बनाने पर भी कार्यकारिणी परिषद ने अपनी मोहर लगाई डीसी सोलन सोलन के उपायुक्त विनोद कुमार ने ज़िले में कार्यरत सभी बैंकों के अधिकारियों से सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार व प्रसार करने को कहा है ताकि आम जनता को इन योजनाओं का लाभ मिल सके उपायुक्त आज जिला अग्रणी बैंक की त्रैमासिक सलाहकार समिति और यूको आरसेटी बैठक की अध्यक्षता करे रहे थे उन्होंने बैंकों द्वारा आयोजित किए जाने वाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में अन्य विभागों के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए